प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी से कोविड टीका लगवाने की अपील की है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए यह गर्य की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है उन्होंने कहा कि सौ वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाये हैं और घर के बुजुर्गों में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में देशवासियों ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना और लोगों ने अनुशासन का अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया है पिछले वर्ष ये मार्च का ही महीना था देश ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना था लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाराकि का अनुमव देखिये जनता कर्फयू पूरे विश्व के लिए एक अवरज बन गया था अनुशासन का ये अमूतपूर्व उदहारण था आने वाली पीढ़ियाँ इस एक बात को लेकर के जरूर गर्व करेगी उसी प्रकार से हमारे कोरोना वारियर्स के प्रति सम्मान आदर थाली बजाना ताली बजाना दिया जलाना आपको अंदाजा नहीं है कोरोना वारियर्स के दिल को कितना छू गया था वो और वो ही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके बिना रुके डटे रहे

श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के माध्यम से किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की संघर्ष गाथा और किसी स्थान के इतिहास को सामने लाकर देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बनाया जा सकता है

श्री मोदी ने कहा कि आज देश की बेटियां हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नये विकल्पों को अपनाना भी जरूरी है मधुमक्खी पालन देश में शहद क्रांति या मीठे आंदोलन का आधार बना रहा है दिल्ली समाचार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय नागरिक उड्डयन और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज हरी झंडी दिखाकर गोरखपुर लखनऊ की पहली हवाई सेवा को गोरखपुर एयरपोर्ट से रवाना किया मुख्यमंत्री और केन्द्रीय मंत्री ने गोरखपुर के सिविल एयरपोर्ट टर्मिनल के विस्तार की आधारशिला भी रखी इस अवसर पर आयोजित सभा को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब तक गोरखपुर से सात प्रमुख शहरों के लिये विमान सेवा उपलब्ध है और आगे भी इसका विस्तार होता रहेगा उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पांच हवाई अड्डों से अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा देने वाला प्रदेश बन रहा है दो हवाई अड्डे क्रियाशील हैं और तीन क्रियाशील होने जा रहे हैं केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रयास से गोरखपुर सहित पूरे प्रदेश में हवाई सेवा का तेजी से विस्तर हआ है उन्होंने कहा कि गोरखपुर में शीघ्र ही विमानों की नाइट लैण्डिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी प्रदेश में होली के त्योहार की धूम शुरू हो गयी है अयोध्या काशी और मथुरा में रंगभरी एकादशी के दिन से ही होली की शुरूआत हो जाती है समूचे ब्रजमण्डल अबीर गुलाल और रंगो से सराबोर है गली गली और चौराहों पर रखी गई होलिकाएं बड़े ही आकर्षक रूप से सजाई गई है आज चतुर्वेदी समाज का विश्राम घाट से डोला निकाला गया इस डोले में देश विदेश से चतुर्वेदी समाज के लोग सम्मिलित होकर रंगों में सराबोर हुए होली की पूर्व संध्या पर प्रदेश भर में आज होलिका दहन का कार्यक्रम सम्पन्न किया जायेगा इसे लेकर होलिका दहन समितियों द्वारा तैयारियों को अन्तिम रूप दिया जा चुका है कई सामाजिक संगठनों ने लोगों से हरे पेड़ और कीमती लकड़ियों को जलाने से परहेज करने को कहा है राज्यपाल आनंदीवेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होली के अवसर पर समी प्रदेशवासियों को बधाई दी है श्रीमती पटेल ने अपने सन्देश में कहा है कि होली का पर्व सभी को भेदभाव भुलाकर आपसी सौहार्द और सद्भाव का माहौल बनाए रखने का सन्देश देता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि होली भारत की सनातन परम्परा का प्रमुख पर्व है श्री योगी ने कहा कि होली का पर्व सभी को अधर्म और अन्याय जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों से लड़ने की प्रेरणा देता है